केन्द्र सरकार ने कहा कोराना महामारी के दौरान मनरेगा के तहत रिकॉर्ड काम हुआ प्रदेश में कुसुम योजना के तहत किसानों के यहां साढ़े छः हजार सौर ऊर्जा पम्प संयत्र लगाये गये भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने विधानसभा में रीट परीक्षा की तारीख बदलने की मांग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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

चिकित्सा विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इन विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों का आज से पंजीकरण शुरू हो गया है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

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में बताया कि सिवायचक भूमि पर बसे गाँवों में भूमि रूपान्तरण के बाद ही ग्राम पंचायतें आबादी पट्टे जारी कर सकती है राजस्व मंत्री की ओर से एक तारांकित प्रश्न के जवाब में श्री धारीवाल ने बताया कि सिवायचक जमीन पर बसे गायों को आबादी क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण के लिए पहले ग्राम पंचायत द्वारा जिला कलक्टर को प्रस्ताव भेजे जाते हैं उन्हॉने बताया कि जिला कलक्टर द्वारा भूमि रूपान्तरण आबादी क्षेत्र में करने के बाद ही ग्राम पंचायत ऐसी भूमि पर बसे गांवों और लोगों को पट्टे जारी कर सकती है

विधानसभा में एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है

धौलपुर और इंगरपुर में एक भी पंप संयंत्र नही लगा है

उन्होंने कहा की एसीबी ने बेहतरीन कार्य किया है लेकिन सरकार के इस रवैये से दोषी अधिकारियों के खिलाफ समय पर कार्यवाही नहीं होने से उनके हौसले बुलंद होते हैं

उस दिन सार्वजनिक अवकाश भी है और जैन समुदाय के लोग धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं

सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा सहित अन्य नेता मौजूद थे बाद में श्री गांधी ने श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में भी किसानों को संबोधित किया

पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि पुलिस और एसबीआई के बीच पहले हुए करार की अवधि पूरी होने पर यह नया करार किया गया हैं

उनके माध्यम से आमजन को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है इसी कम में आज सवाईमाधोपूर जिला मुख्यालय पर ट्रक यूनियन परिसर में यातायात जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया इसी तरह प्रतापगढ़ में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई झालावाड़ में सड़क सुरक्षा माह के तहत आज स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता हुई और विजेताओं को पुरस्कार दिये गये

ये दुर्घटना ट्रक द्वारा लोक परिवहन की बस को टक्कर मारने से हुई टक्कर के बाद बस पलट गई